मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के अधिकारियों को ग्रामीण विकासोन्नमुखी योजनाएं आरंभ करने के निर्देश राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया चिकित्सकों को सम्मानित

जयराम प्रदेश सरकार लोगों की सुविधा के लिए राज्य में पायलट आधार पर ई परिवहन व्यवस्था आरंभ करेगी ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस परियोजना की सफलता के उपरांत इसे पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा इस पहल के अंतर्गत लोगों को परमिट के नवीनीकरण ड्राईविंग लाइसैंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र संबंधित गतिविधियों व प्रीपेड टैक्सी प्रबंधन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी इससे लोगों को सुगमता से परिवहन सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करेगी जिसमें ड्राईविंग टैक्स ट्रक ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र ट्रैफिक पार्क व वाहन के रखरखाव की सुविधा दी जाएगी

इनमें सौ इलैक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बसों में शत प्रतिशत सवारियां बैठाने की अनुमति दे दी है लेकिन चालकों परिचालकों और यात्रियों को सुरक्षा के मापदंडों का पूरा ध्यान रखना होगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही अपने आप को बचा पाई है इससे साबित हो गया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए मज़बूत आधार उपलब्ध है मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि युवाओं को लाभान्वित करने के लिए ग्राम विकासोन्नमुखी योजनाएं आरंभ की जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर न जाना पड़े बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य का समग्र विकास और जनता के हित प्रदेश सरकार के लिए सर्वोपरि हैं उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार सही मायनों में जनता की सरकार है जिसमें लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की छवि देखी जा सकती है

उन्होंने कहा कि सरकार का अढ़ाई साल का कार्यकाल स्वर्णिम हिमाचल निर्माण का रहा है उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन लोगों को घर बैठे और समयबद्ध समस्याओं का समाधान उपलब्ध करवा रही है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि पालमपुर स्थित सौरभ वन विहार नेचर पार्क में बाढ़ संरक्षण कार्य इसी वर्ष सितम्बर से आरंभ होगा मुख्य सचिव आज शिमला में जलशक्ति वन और उद्योग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सौरभ वन विहार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

इस मौके पर जल शक्ति विभाग ने जहां बाढ़ संरक्षण कार्यो और इसकी कार्य योजना की प्रस्तुति दी वहीं वन विभाग ने पार्क के सौंदर्यकरण पर प्रस्तुति दी विक्रमादित्य सिंह प्रदेश कांग्रेस महासचिव व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय को हुए नुकसान की भरपाई करने से पीछे हट रही है उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि पर्यटन उद्योग कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और सरकार इसे मंदी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक पैकेज जारी करें विक्रमादित्य सिंह ने निजी स्कूलों और विश्वविद्यालय द्वारा मनमानी फीस वसूलने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल टयूशन फीस वसूलने की अनुमति दी है लेकिन निजी स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं विक्रमादित्य सिंह ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों व अभिभावकों को राहत दिलाने की सरकार से मांग की

आज बिलासपुर व हमीरपुर में दो दो और कांगड़ा सिरमौर व शिमला में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है

मेला रदद ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कोरोना महामारी के चलते चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी नवरात्रों के मेलों के आयोजन को रद्द कर दिया है

उपायुक्त ने कहा कि श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान चिंतपूर्णी मंदिर श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रहेगा लेकिन मंदिर के गर्भगृह में पुजारी पहले की तरह ही नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहेंगे उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास ने श्रद्वालुओं के लिए यू ट्यूब पर लाईव दर्शनों की व्यवस्था की है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर राजभवन शिमला में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों को सम्मानित किया राज्यपाल ने इस मौके पर कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टरों द्वारा मानवता को बचाने के लिए दी जा रही बहमूल्य सेवाओं के लिए उनका आभार जताया राज्यपाल ने कहा कि इस साल चिकित्सक दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में डॉक्टर मानवता को बचाने के लिए अपनी शत प्रतिशत सेवाएं देने में जुटे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए चिकित्सक पहले दिन से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसी का नतीजा है कि दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति कोरोना के मामले में काफी बेहतर है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश वैश्विक ताकत बनकर उभरेगा और इससे आर्थिक व विकास गतिविधियों को नई गति मिलेगी रामस्वरूप शर्मा आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश में विकास की रफ्तार कम नहीं हुई है उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया सांसद ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक व विकास गतिविधियों को नई ऊर्जा व गति देने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं जिनका सकारात्मक असर दिखने लगा है

गतिविधियां फिर शुरू करने की चरणबद्व प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गयी है

दिशा निर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं होगी इसी तरह सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े समागमों की अनुमति नहीं होगी

संस्था की प्रदेश मीडिया प्रभारी तृप्ता शर्मा ने बताया कि इस कोर्स के माध्यम से शरीर का स्वस्थ रखने और मानसिक तनाव से दूर रहने के विभिन्न योगासन सिखाए जाएंगे उन्होंने प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है मौसम प्रदेशवासियों को मॉनसून के फिर से सक्रिय होने का अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा

इस बीच आज राजधानी सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई प्रदेश में अधिकाश स्थानों में मॉनसून के बादल छाए हुए हैं मॉनसून के कमजोर पड़े रहने के कारण राज्य के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

पैंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र विभाग की वैबसाईड पर उपलब्ध है

नमस्कार